शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी और बेहतर

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन व ऑटो मोबाईल क्षेत्र में निवेश के लिए महिंद्रा और गोदरेज ग्रुप को आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इन दोनों औद्योगिक समूहों के अध्यक्षों से मुम्बई में बैठक की और उन्हें पर्यटन ऑटोमोबाईल सूचना प्रौद्योगिकी एफएमसीजी और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने प्रदेश में स्मार्ट सीटी परियोजनाओं के तहत इलैक्ट्रिक बसे चलाने इंटैलिजेंट यातायात व्यवस्था में भागिदारी करने और कूड़े से ऊर्जा बनाने में रूचि दिखाते हुए इन क्षेत्रों में निवेश की ईच्छा जताई है गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष आदि गोदरेज ने बैठक के दौरान कहा कि वे अपने सभी व्यवसायों के बारे में एक उपयुक्त नोट भेंजेंगे और राज्य में निवेश के अवसरों का पता लगाएंगे उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे जयराम मुख्यमंत्री ने बाद में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रत्न टाटा से भी मुलाकात की इस दौरान टाटा ग्रूप ने हिमाचल में पर्यटन आईटी और इलैक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई रत्न टाटा ने इन्वेस्टर मीट के लिए प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने की बात भी कही

कंवर ने सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह किया कि वे अपने पास पड़ी धनराशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं उन्होंने ये भी कहा कि आवंटित धनराशि खर्च न करने वाले पंचायत प्रधानों के विरूद्ध नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी साथ ही ऐसी पंचायतों को खर्च न होने वाली धनराशि को पंचायतीराज विभाग को वापिस करना होगा रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि मंडी संसदीय क्षेत्र में लंबित पड़े विकास कार्यों को शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जाएगा चंबा ज़िला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के मैहला में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जानबूझ कर कई केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया लेकिन अब प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है और ऐसे में विकास कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा रामस्वरूप शर्मा ने इससे पहले मैहला में श्री जयकृष्ण गिरी सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का शिलान्यास भी किया

प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के जरिये विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं यह कार्यक्रम हर महीने के अन्तिम रविवार को सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होता है दुर्घटना कुल्लू ज़िला में कुल्लू भेखली व्यासर सड़क पर बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिरकर तीन युवकों की मौत हो गई तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया मृतकों की पहचान रूपेंद्र युधिष्ठिर और रूपलाल के रूप में हुई है ये तीनों जिंदौड़ के रहने वाले थे ज़िला पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को खाई से निकाला उन्होंने कहा कि तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है डीसी मंडी मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने एचआरटीसी और निजी बस संचालकों से अपनी जिम्मेवारी ठीक ढंग से निभाने यातायात नियमों का पालन करने और लापरवाही व जोखिम भरी ड्राईविंग की प्रवृति छोड़ने का आहवान किया है ताकि प्रदेश को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाया जा सके उन्होंने आज मंडी में एचआरटीसी और निजी बस संचालकों के साथ एक बैठक में कहा कि हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे प्रदेश में बस का सफर पूरी तरह सुरक्षित हो और सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़े इस मौके पर बस संचालकों को यातायात नियमों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी गई

उप ज़िला न्यायवादी नवीना राही ने बताया कि ज़र्माना न देने की सुरत में दोनों आरोपियों को एक एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा जिन दो लोगों को ये सजा सुनाई गई है उनमें हरियाणा के रोहतक निवासी राहुल देशवाल और कुल्लू के जाणा निवासी तोशम कुमार शामिल हैं

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली छात्रों तथा आम जनता की यातायात संबंधी सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर किया जाएगा इससे शिमला शहर में ट्रैफिक जाम और ग्रामीण क्षेत्रों में ओवरलोडिंग की समस्या काफी हद तक कम होगी शिक्षा मंत्री आज शिमला में परिवहन व्यवस्था को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूल प्रबंधन और प्राधानाचार्यो को अपने स्तर पर बसें चलाने को कहा ताकि एचआरटीसी की बसों को ग्रामीण क्षेत्रों की जनता व छात्रों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकें भारद्वाज ने राज्य पथ परिवहन निगम को सभी सरकारी और गैर सरकारी बसों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा डीसी सिरमौर सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने कहा है कि सरकारी व निजी बसों में ओवर लोडिंग पर अंकृश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे खासकर बसों की छत पर सवारियां बिठाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी नाहन में निजी व सरकारी बस ऑपरेटरों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ललित जैन ने बस ऑपरेटरों से कहा कि बसों में मापदंडों के अनुसार ही सवारियां बैठाएं उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों को अनुभवी व प्रशिक्षित चालक ही रखने को भी कहा उपायुक्त ने बस चलाते वक्त मोबाईल सुनने को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया

बजट से प्रदेश के युवाओं को खास कर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की अधिक उम्मीदें हैं आकाशवाणी से बातचीत में विद्यार्थियों का कहना है कि बजट में शिक्षा के लिए ज्यादा धनराशि का प्रावधान होना चाहिए साथ ही शिक्षा के निजीकरण पर भी रोक लगनी चाहिए

राजीव सहजल आज शिमला ज़िला के ननखड़ी में तहसील कल्याण कार्यालय के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे

सहजल ने इससे पहले दुधबाली मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भी शिरकत की

कांगड़ा के सहायक आयुक्त मदन कुमार ने इस अभ्यास को देखते हुए सराह चैतडू और साथ लगती पंचायतों के लोगों से इस दौरान इस क्षेत्र में न जाने और अपने बच्चों को भी न भेजने की अपील की है मौसम प्रदेशवासियों को अभी मॉनसून के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा